सुभाष ठाकुर मछली पालन में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं है और मछ्वारा परिवारों के हितों के लिए प्रदेश सरकार कृतसंकल्प है

जलशक्ति केन्द्र सरकार के महत्वकांक्षी जलशक्ति अभियान के संबंध में आज सोलन में उपायुक्त केसी चमन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई उन्होंने बताया कि ये अभियान दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है

उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को पंचायत स्तर पर अभियान के संबंध में बैठकें आयोजित कर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए डेंगू सोलन जिले में इस वर्ष डेंग् से निपटने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सहित परवाणु व नालागढ़ अस्पतालों में डेंगू की निशुल्क जांच की जाएगी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

बैठक हमीरपुर जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक आज उपायुक्त हरीकेश मीणा की अध्यक्षता में हुई उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागों के अध्यक्ष अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार लाने की दिशा में कार्य करें उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को ई समाधान के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का समय पर निपटारा करने के निर्देश दिए

भूकम्प से फिलहाल किसी प्रकार के जान माल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है